प्रदेश में ऐसे लोगों की खोज के लिये छापेमारी अभियान जारी

राशन कार्डधारियों के खातों में भी एक एक हजार रूपये भेजने का काम शुरू और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ी है और राज्यों से कहा गया है कि वे संदिग्ध पीड़ितों की तलाश के लिए गहन अभियान चलायें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है श्री अग्रवाल ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में नहीं जाने की अपील की है

श्री अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव ने राज्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्रवासी कामगारों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की मंत्रिमंडल सचिव ने अधिकारियों से प्रवासी कामगारों के लिए उचित सफाई भोजन पानी और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा श्री अग्रवाल ने कहा कि रेलवे ने बीस हजार बोगियों को विशेष निगरानी केन्द्रों के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है

केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को प्ररी तरह से लागू करवाएं राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि यह पता लगा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लॉकडउन के तहत दी गई छूटों से अधिक रियायतें दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि यह कोविड उन्नीस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का उल्लंघन है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने लोगों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये हैं

सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से विचार विमर्श किया है उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर माल ढुलाई वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई लॉकडाउन के दौरान देशभर में गेहूं और चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि एफसीआई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अगले तीन महीनों के लिए न केवल अनाज की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इक्यासी करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज की आपूर्ति सहित किसी अतिरिक्त मांग से निपटने के लिए भी तैयार है कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई केवल उनतीस मुख्य विषयों केलिए ही कक्षा दस और बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा जो उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बाकी विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी इन विषयों के लिए अंक देने और मूल्याकंन के निर्देश जल्दी जारी किये जायेंगे केंद्र सरकार ने राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का तेजी से पता लगाने का निर्देश दिया है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि इस घटना से कोविड उन्नीस महामारी का जोखिम बढ़ गया है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उन्होंने राज्यों को जमात के लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरी करने को कहा है राज्यों से विदेशियों और जमात के आयोजकों के विरूद्व वीजा शर्तों के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू करने को भी कहा गया है दिल्ली के तबलीगी जमात में भाग लेने वाले लोगों की खोज के लिये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद निरोधक दस्ता और पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बहत्तर लोगों का पता लगा लिया गया है चौदह लोगों के मोबाईल बंद हैं उत्तर बिहार में छत्तीस लोग चिन्हित किये गये हैं जो जमात में शामिल हुये थे जमुई में तेरह पूर्णिया और हाजीपुर में दस दस सुपौल में छह और बांका में एक व्यक्ति चिन्हित किये गये हैं पटना गया और बक्सर में इकतीस लोगों को चिन्हित किया गया है हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया है नौ बंग्लादेशी समेत ग्यारह लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है मुजफ्फरपुर में पंद्रह लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया गया है इधर बक्सर और गया के जिन लोगों के नमूने जांच के लिये भेजे गये थे उनमें से सोलह की रिपोर्ट निगेटिव आयी है गौरतलब है कि तबलीगी जमात में बिहार से एक सौ छियालीस लोग शामिल हुये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अन्य राज्यों से आये प्रवासी मजदूरों को एक एक हजार रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी इसके लिये आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाईट आपदाबिहार डॉट एनआईसी डॉट इन पर निबंधन कराना होगा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि सरकार द्रसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है इसके लिये चौवालीस टीमें लगातार काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि बिहार के एक करोड़ अड़सठ लाख राशन कार्डधारियों को अनाज के साथ साथ उनके बैंक खाते में एक एक हजार रूपये भेजने का काम शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित प्रदेश के हर मरीज का राज्य सरकार अपने पैसे से इलाज करायेगी उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की

समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय के अनुसार जिन केंद्रों पर राशन की खरीद हो चुकी है वहां राशन लाभार्थियों के घरों तक पहुंचा दिया जायेगा यह जिम्मेदारी संबंधित सेविका और सहायिका को सौंपी गयी है गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन के बदले दो सौ सैंतीस रूपये पचास पैसे दिये जायेंगे जबकि केंद्र पर आनेवाले बच्चों को दो सौ और अति कुपोषित बच्चों को तीन सौ रूपये दिये जायेंगे इधर शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन योजना की राशि बच्चों के खाते में पंद्रह अप्रैल तक भेजेगा प्रदेश में पिछले बारह घंटों के दौरान कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है राज्य में अभी तक चौबीस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है जिसमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि तीन को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है कल पटना के फूलवारीशरीफ और पटना सिटी के एक एक मरीज को उपचार के बाद छोड़ दिया गया हालांकि अभी उन्हें घर पर ही चौदह दिनों के आइसोलेशन में रखा गया है इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्धों की संख्या बढ़कर पांच हजार नौ सौ उन्नीस हो गयी है राज्य स्वास्थ्य समिति की विज्ञप्ति के अनुसार सबसे अधिक सिवान में तीन हजार एक सौ पांच संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जा रही है इधर देशभर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या सोलह सौ उनचास हो चुकी है एक सौ तैंतालीस को उपचार के बाद छोड़ दिया गया है जबकि इकतालीस मरीजों की मौत हुयी है प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोविड उन्नीस के नाजुक मरीजों के लिये आठ सौ छियासी बेड की व्यवस्था की गयी है ये बेड वेंटिलेटर मशीन से युक्त हैं वहीं समान्य संक्रमित मरीजों के लिये चार हजार चार सौ सतासी बेड निर्धारित किये गये हैं इधर बिहार मदरसा बोर्ड ने पटना समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में एक सौ चौदह मदरसों को क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला किया है देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और भीड़भाड़ से बचने जैसे अनेक उपाय करने को कहा गया है

लोगों को सलाह दी जातीहै कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखेंऔर शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालॉमें लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें

उनपर कोरोना वायरस की जांच और रोकथाम को लेकर झोलाछाप डॉक्टरों की सेवा लिये जाने को लेकर कई अस्पतालों के उपाधीक्षक और प्रभारियों को पत्र लिखने का आरोप है राज्य सरकार ने जिला अनुमंडल प्रखंड और अंचल कार्यालय के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों की छ्टिटयां रद्द करते हये उनको अवकाश के दिन भी कार्यालय आने का निर्देश दिया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय अभी बंद रहेंगे कृषि विभाग के माप तौल संभाग ने माप तौल के सभी मानकों के लाईसेंस की वैधता तीस जून तक बढ़ा दी है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने सांसद कोष से बिहार के सभी जिला अस्पतालों को दस दस लाख रूपये देने की घोषणा की है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने पांच माह का पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे इधर राज्य के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि अपने एक माह का मानदेय लगभग सत्रह करोड़ रूपये की राशि अपने अपने गांव के बेसहारा और मजदूरों के बीच खर्च करेंगे बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने ये जानकारी दी श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में आज रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है लॉकडाउन को देखते हुये इस बार लोग अपने घरों में ही पर्व मना रहे हैं मंदिरों में प्रजा अर्चना हो रही है लेकिन लोगों के प्रवेश पर प्ररी तरह पाबंदी है किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजन और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोविड उन्नीस के संक्रमण से निपटने और लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिये अधिकारियों को दिये गये दिशा निर्देश हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है इसके अलावा कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और तबलीगी जमात में शामिल लोगों की खोज के लिये चलाये जा रहे अभियान को आज राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

प्रदेश में ऐसे लोगों की खोज के लिये छापेमारी अभियान जारी

राशन कार्डधारियों के खातों में भी एक एक हजार रूपये भेजने का काम शुरू और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार